प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए केन्द्र और सभी राज्यों के एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कल मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है इसलिए इससे एकजुट होकर निपटना आवश्यक है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी परामर्शों पर अमल किया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटर्न के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बहत जरूरी है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है विश्व भर में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ संपर्क के समय पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने राज्यों की जा रही तैयारियों की जानकारी दी इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली केन्द्र सरकार ने सर्जिकल मास्क और एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क तथा उनकी निर्माण सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है वस्त्र मंत्रालय ने मास्क के निर्माण और आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हए यह कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनता कर्फ्यू की घोषणा को लेकर राजधानी रांची सहित देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से आज आधी रात से कल रात दस बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि पहले से ही चल रही मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रविवार सुबह चार बजे रुक जाएंगी सभी उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या सीमित कर दी जाएगी कल सुबह सात बजे के पहले से ही चल रही पैसेंजर रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी इस दौरान रांची से भी राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी सहित कई ट्रेनें रद्द रहेंगी

इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए हर आवश्यक उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की

साक्षात्कार प्रशासनिक सेवा भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है झारखंड विधानसभा में कल सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने दो बार पहले बारह बजे और फिर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी पर भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा की गयी टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के विधायक आकोषित हो गये और वे वेल में पहुंच कर हंगामा करने लगे विपक्ष के विधायकों ने भी वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार सजग है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कल राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड सरकार आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए आवष्यक कदम उठा रही है इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानियां बरतने और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी मौजूद थे कोरोना के संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर कोडरमा जिले में कई उपाय किए जा रहे हैं

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इसे लेकर विद्युत अंचलों के सातों प्रमंडलों के विद्युत कार्यपालक अभियंता का वाट्सएप नंबर जारी किया गया है उपमोक्ता बिजली से संबंधित षिकायत इन नंबरो पर कर सकते हैं इसके साथ ही बिजली का नया कनेक्षन बिजली बिल में सुधार ट्रांसफार्मर बदलने सहित अन्य आवेदन भी टेलीफोन के माध्यम से किया जाएगा

खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गयी है खूटी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि रुमुतकेल गुल्लू इलाके में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी इसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने अभियान चलाया श्री शेखर ने बताया कि इस दौरान नक्सली फायरिंग करते हुए भाग निकले इसी क्रम में सुबह पांच बजे सर्च अभियान के दौरान एक बाइक सवार युवक भागने लगा उसकी गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिससे युवक को गोली लग गई और उसे मुरहू स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसकी मौत हो गई

अस्पताल प्रशासन ने केवल गंभीर रोगियों के साथ ही परिजन को अस्पताल के अंदर प्रवेश की इजाजत दी है

वहां उनका ब्लड सेंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए एमजीएम जमषेदपुर भेजा गया है

निगरानी के विषेष न्यायाधीष द्वारा एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी

वहीं गुरुवार को जिस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया गया था उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है